लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए प्रचार चरम पर पहुंच गया है इस चरण के लिए चुनाव प्रचार कल शाम समाप्त हो रहा है इस सिलसिले में आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी समस्तीपुर में पार्टी प्रत्याशी अशोक कुमार के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे श्री गांधी के साथ राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव भी मंच साझा करेंगे वहीं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा लोजपा अध्यक्ष रामविलास पासवान दरभंगा के कुरसोन में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी पटना साहिब संसदीय क्षेत्र से एनडीए उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद के नामांकन में शामिल होने के बाद आयोजित सभा को संबोधित करेंगे साथ ही श्री मोदी मुंगेर और दरभंगा में एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में रोड शो करेंगे राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव का मोकामा और बक्सर में भी चुनावी सभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है इधर कल दोनों ही गठबंधन के नेताओं ने जमकर प्रचार किया जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने मुंगेर लखीसराय और समस्तीपुर में एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया श्री कुमार ने लोगों से एनडीए सरकार की उपलब्धियों के आधार पर वोट की अपील की वहीं राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और रालोसपा अध्यक्ष उपेन्द्र क्शवाहा ने सासाराम संसदीय क्षेत्र में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हये कहा कि यह लड़ाई देश संविधान और आरक्षण बचाने की है दूसरी तरफ लोजपा अध्यक्ष रामविलास पासवान ने बेगूसराय और दरभंगा में आयोजित चुनावी सभाओं में विपक्ष पर आम लोगों को आरक्षण के नाम पर गुमराह करने का आरोप लगाया बेगूसराय से भाजपा प्रत्याशी गिरिराज सिंह ने रोड शो कर लोगों से समर्थन की अपील की वहीं इसी संसदीय क्षेत्र से सीपीआई उम्मीदवार कन्हैया कुमार के समर्थन में जानी मानी अभिनेत्री शबाना आजमी और अभिनेता प्रकाश राज समेत कई नेताओं ने देर रात तक प्रचार अभियान चलाया समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से सीपीआईएम उम्मीदवार अजय कुमार के समर्थन में पार्टी नेत्री सुभाषिनी सहगल ने चुनाव प्रचार किया वहीं आरा में भाकपा माले के दीपंकर भट्टाचार्य और हम अध्यक्ष जीतनराम मांझी ने महागठबंधन समर्थित भाकपा माले प्रत्याशी राजू यादव के नामांकन के बाद चुनावी सभा को संबोधित किया सातवें और अंतिम चरण में आठ सीट पर उन्नीस मई को हो रहे लोकसभा चुनाव के लिए अब तक कुल चौरासी उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किये हैं कल केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव राज्यसभा सांसद मीसा भारती पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा सासाराम से निवर्तमान सांसद छेदी पासवान और आरा से भाकपा माले के राजू यादव समेत छियालीस प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किये अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि कल पाटलिपुत्र से दस नालंदा से आठ सासाराम और काराकाट से पांच पांच पटना साहिब जहानाबाद तथा बक्सर से चार चार और आरा से छह उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरे हैं डेहरी विधानसभा उपचुनाव के लिए राजद के मोहम्मद फिरोज हुसैन समेत चार प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किये हैं पटना साहिब संसदीय क्षेत्र से एनडीए से भाजपा उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे इसके अलावा बक्सर से भाजपा के अश्विनी कुमार चौबे राजद के जगदानंद सिंह और आरा से भाजपा के आर के सिंह भी अपना नामांकन पत्र भरेंगे वहीं नालंदा से जदयू के कौशलेन्द्र कुमार और काराकाट से महाबली सिंह भी आज अपना पर्चा दाखिल करेंगे इन लोकसभा क्षेत्रों में सातवें और अंतिम चरण के तहत उन्नीस मई को मतदान होना है लोकसभा के छठे चरण के चूनाव के लिए नाम वापस लेने का आज अंतिम दिन है इस चरण के तहत प्रदेश के आठ संसदीय क्षेत्रों वाल्मिकीनगर पश्चिम चम्पारण पूर्वी चम्पारण शिवहर वैशाली गोपालगंज सीवान और महाराजगंज में बारह मई को मतदान होना है इससे पूर्व कल नामांकन पत्रों की जांच के दौरान इन संसदीय क्षेत्रों से दाखिल एक सौ उनासी नामांकन पत्रों में से एक सौ बत्तीस वैध पाये गये थे बेगूसराय से भाजपा प्रत्याशी गिरिराज सिंह के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कराया गया है श्री सिंह पर एक सम्प्रदाय विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के मामले में नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी है निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने गया के सदर अनुमंडल पदाधिकारी सूरज कुमार सिन्हा को दो लाख रुपये रिश्वत लेते हुये रंगेहाथ गिरफ्तार किया है ब्यूरो के पुलिस उपाधीक्षक गोपाल पासवान ने बताया कि गिरफ्तार अधिकारी भूमि विवाद के एक मामले को सुलझाने के लिए शिकायतकर्ता से घूस ले रहा था पूर्व विधान पार्षद आदित्य कुमार उर्फ ट्न्ना पांडेय को वैशाली जिले की एक अदालत ने एक छात्रा के साथ छेड़खानी के मामले में साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है उनपर दो हजार सोलह में ट्रेन यात्रा के दौरान छेड़खानी का मामला दर्ज किया गया था मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाक्र को मानसिक और शारीरिक तौर पर प्रताड़ित कर पन्द्रह लाख रूपये रंगदारी वसूल करने के मामले में पंजाब स्थित पटियाला जेल के चार अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है पूरे प्रदेश में गर्मी का प्रकोप जारी है अधिकतर हिस्सों में तापमान चालीस डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है हवा में नमी की मात्रा अड़तीस प्रतिशत तक पहुंच गयी है जिस कारण लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है मौसम विभाग के अनूसार पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ने और राजस्थान की ओर से आ रही गर्म हवा के कारण प्रदेश के तापमान में पिछले तीन दिनों के भीतर छह डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की गयी है हालांकि उत्तर बिहार के कई हिस्सों में देर रात अच्छी बारिश हुई है जिस कारण लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है इंटरमीडिएट में नामांकन के लिए ऑन लाईन प्रक्रिया कल से शुरू होगी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि बोर्ड की वेबसाईट ओएफएसएस बिहार डॉट इन पर छात्र ग्यारह मई तक आवेदन कर सकेंगे बोर्ड के ऑफिशियल एप ओएफएसएस के माध्यम से भी नामांकन के लिए आवेदन किये जा सकते हैं सेना ने अपनी पूलिस शाखा में महिलाओं की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किये हैं अभी तीनों सेनाओं में महिलाओं की भर्ती केवल अधिकारी के स्तर पर ही की जाती रही है यह पहला मौका है जब महिलाओं को सेना पुलिस में जवान के स्तर पर भर्ती किया जायेगा जारी विज्ञप्ति के अनुसार उम्मीदवार आठ जून तक आवेदन कर सकते हैं गया जिले के आमस थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या दो पर नारायणपुर गांव के पास एक चरपहिया वाहन और ट्रक के बीच हुई टक्कर में चार बारातियों की मौत हो गयी जबकि दो अन्य घायल हो गये वहीं रोहतास जिले के डेहरी नगर थाना क्षेत्र के एनीकट इलाके में सोन नदी में नहाने के दौरान ड्रबने से तीन बच्चों की मौत हो गयी गया जिले के बाराचट्टी थाना क्षेत्र अन्तर्गत सिसियातरी गांव से एसएसबी और नारकोटिक्स विभाग की टीम ने सवा तीन किलो अफीम के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है नरकटियागंज रेलवे स्टेशन से रेल पुलिस ने पूर्वांचल एक्सप्रेस से सोलह किलो चांदी और एक लाख रूपये से अधिक नकद के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है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 हिन्दुस्तान ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दरभंगा में चुनावी सभा से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित करते हुये लिखा है सम्मान योजना सभी को दैनिक जागरण की सुर्खी है सीजेआई प्रकरण की जांच करेंगे पूर्व जस्टिस एके पटनायक दैनिक भास्कर लिखता है जीएसटी रजिट्रेशन की बहाली के लिए बाईस जुलाई तक होगा आवेदन प्रभात खबर ने अपनी विशेष रिपोर्ट में लिखा है पटना एम्स में एमआरआई जांच के लिए मरीज को मिल रहा है पन्द्रह महीने बाद का समय और अब अंत में मुख्य समाचार उनतीस अप्रैल को होने वाले चौथे चरण के मतदान के लिए प्रचार चरम पर